सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर अमल के जरिए देश में सुक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या को स्थाई आधार पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है बेहतर ऋण सुविधा तकनीकी उन्नयन और क्शलता बढ़ाकर सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों के समूचे माहौल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के तहत जिन प्रमुख योजनाओं पर काम हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम और क्लस्टर विकास कार्यक्रम शामिल है

यह इस वर्ष मार्च में लाए अध्यादेश का स्थान लेगा और इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव है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

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

पत्र में कहा गया है कि हर गॉव में जल संरक्षण की रणनीति तैयार की जाये ग्राम पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल और खेती के लिये पानी की आवश्यकता उपलब्धता परम्परागत जल स्रोतों की स्थिति एवं जल संग्रहण क्षमता का आकलन करें

श्री पटेल ने किसानों को खेतों में मेड़ बँधान और चेकडेम जैसी संरचनाएँ बनाने तथा कम पानी की फसल बोने के लिये प्रेरित करने की अपील की है श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार परम्परागत जल स्रोतों के संरक्षण और नवीन संरचनाओं के निर्माण के लिये निरंतर कार्य कर रही हैं

इन्हें पुनर्जीवित करने की वृहद कार्य योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है

इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला पंचायतें हुई हैं

ग्रामीण विकास सेवा के दो अधिकारियों की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वापस लौटा दी है अदिति गर्ग को सीईओ स्मार्ट सिटी इंदौर बनाया गया है अमनवीर सिंह बैंस नगर निगम सतना के आयुक्त और सीईओ स्मार्ट सिटी सतना होंगे भूमि पूजन लोक निर्माण व पर्यावरण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने उज्जैन के विक्रम वाटिका में सवा दो करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले मयूर वन का भूमि पूजन किया

इस पार्क में आकर्षक प्रवेश द्वार बच्चों का गार्डन इंटरप्रिटेशन सेन्टर कैफेटेरिया एवं लेंड स्केपिंग का कार्य किया जायेगा इसी तरह पार्क में स्थित तालाब के जीर्णोद्वार का कार्य भी शामिल है

उच्च शिक्षा विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया विश्व विद्यालय में हुई नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के मामले में कुलपति डॉ नरेंद्र धाकड़ को दोषी मानते हुए ये कार्रवाई की गई है

गौरतलब है कि विश्व विद्यालय में संविदा प्रोफेसरों की नियुक्ति और कम्प्यूटर साइंस विभाग में कांट्रेक्ट फैकल्टी का कार्यकाल बार बार बढ़ाए जाने में गड़बड़ी की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग के पास पहंची थी दोनों शिकायतों पर उच्च शिक्षा विभाग ने दो बार जांच करवाई दो अलग अलग कमेटियों ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कुलपति डॉ धाकड़ को नियुक्ति के रोस्टर नियमों के उल्लंघन के साथ गलत तरीके से पद सुजित कर लाभ हासिल करने की मंशा का दोषी माना था

कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद आदेश जारी कर दिया गया नशा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में भी विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दिन नशे की विभिषिका के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा नशे के खिलाफ वातावरण निर्माण में शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सामाजिक कल्याण परिवहन पुलिस जेल खेल और यूवा कल्याण पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकाय तथा अशासकीय संस्थानों को सहभागी बनाया जाएगा वहीं राजगढ़ गुना बैतूल अनूपपुर जबलपुर ग्वालियर उमरिया सहित सभी जिलों में कल नशामुक्ति निवारण दिवस मनाया जाएगा

मानसून का प्रवेश बंगाल की खाड़ी के जरिए मंडला डिण्डोरी सिवनी बालाघाट छिन्दवाड़ा खंडवा और बुरहानपुर से हुआ मौसम विभाग के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है एक दो दिन में इसके भोपाल इन्दौर पहुँचने की संभावना है

बांग्लादेश के लिए शकीब अल हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच खिलाड़ियों को आउट किया आज लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रोलिया के बीच मुकाबला होगा इस बीच वेस्टइंडीज की टीम को ब्रहस्पतिवार को भारत के साथ महत्वपूर्ण मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा उसके खिलाडी आंद्रे रसल घुटने में चोट के कारण विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं उनके स्थान पर वेस्टइंडीज के शेष तीन मैचों के लिए सुनील अम्ब्रीटस को टीम में शामिल किया गया है